अभ्यर्थियों के पास से दिल्ली बिहार और मध्य प्रदेश की जाली सर्टिफिकेट बरामद

उन्होंने राज्यवासियों से सावधानी बरतने की अपील की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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे

इसका आयोजन जनभागीदारी की भावना से लोकपर्व के रूप में किया जाएगा

इसके साथ ही प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में नीतियां तैयार करने के लिए गृहमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया गया है देशभर में राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन भी कल से आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमो का आयोजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सम्पूर्ण मानवता की समृद्धि के लिए है और यह पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी

श्री मोदी आज स्वामी चिद्भवानंदजी की श्रीमदभगवदगीता के ई संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं श्रीमदभगवदगीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधान मंत्री ने कहा यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया कि वे श्रीमद्भगवतगीता के संदेश को अपनायें क्योंकि यह व्यावहारिक और भरोसेमंद है श्री मोदी ने कहा कि यह ई संस्करण शाश्वत गीता और गौरवशाली तमिल संस्कृति के बीच संपर्क को भी मजबूत करेगा रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना में बहाली के द्रसरे ही दिन फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बहाल होने की कोशिश करते छह अभ्यर्थी पकड़े गए हैं सभी के पास से दिल्ली बिहार और मध्य प्रदेश की जाली सर्टिफिकेट बरामद की गई है आर्मी इंटेलिजेंस की रांची ब्रांच को सूचना मिली थी कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कृछ अभ्यर्थी बहाल होने की कोशिश कर रहे हैं इस सूचना पर इंटेलिजेंस की टीम ने सभी अभ्यर्थियों को पकड़ लिया है हालांकि उनके पकड़े जाने पर उन्हें सर्टिफिकेट देने वाले दलाल फरार हो गए इन अभ्यर्थियों को बिहार और मध्य प्रदेश के दलालों ने फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराते हुए सेना में बहाली का झांसा दिया था इनसे फर्जी सर्टिफिकेट की एवज में मोटी रकम की वसूली गयी थी उनका सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली और श्री नारायणपुर मथुरापुर बिहार से बनाया गया था पुलिस सभी दलालों के संबंध में पकड़े गये अभ्यर्थियों से पुछताछ कर रही है

धनबाद जिले के अंचल कार्यालय के कर्मचारी को एसीबी की टीम ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है जमीन म्यूटेशन के लिए रिश्वत लेते कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया एसीबी की टीम कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद अपने कार्यालय ले गई

विश्व किडनी दिवस पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के बोकारो जनरल अस्पताल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया बोकारो जनरल अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज सुबह पत्थर कट्टा चौक से महात्मा गांधी चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया

हमें सचेत रहकर काम करना है राज्यवासियों के सहयोग से कोरोना काल में झारखण्ड ऐसा प्रदेश रहा जहां किसी तरह की अफरा तफरी नहीं मची आज मजबूत निर्णय के साथ सरकार अपना कदम बढ़ा रही है उन्होंने कहा कि काम नहीं रुके यह उनकी सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने रांची के कांटाटोली के कुरैशी मुहल्ला स्थित अल कुरैश तालीमी मिशन स्कूल और मदरसा निर्माण का शिलान्यास किया इस मौके पर झारखण्ड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन सह विधायक डॉ इरफान अंसारी खिजरी विधायक राजेश कच्छप पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय महुआ माझी और अन्य लोग मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज भगवान शिव के दर्शन के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचे और सभी को महाशिवरात्रि की श्भकामनाएं दी श्रद्धाल्ओं को महाशिवरात्रि की श्भकामना देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद पहला उत्सव है उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में कोरोना से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज कोरोना का टीका लगवाया वित्त मंत्री ने रांची के निजी हॉस्पिटल में कोवीशिल्ड वैक्सीन का पहला डोज लिया सामान्य लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में रामेश्वर उरांव पहले मंत्री हैं जिन्होंने टीका लगवाया है श्री उरांव ने कहा है कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है

आज महाशिवरात्रि के मौके पर राज्यभर के शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जा रही है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आज जलार्पण का खास महत्व है मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था

रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई यहां सुरक्षा और कोविड से बचाव के लिए एहतियाती उपाय किये गये हैं दुमका के बासुकीनाथ में कोराना काल में पहली बार बाबा भक्तों की बड़ी भीड़ जुटी और बड़ा अनुष्ठान किया गया सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं को भीड़ देखी गईे साहिबगंज और राजमहल मोतीझरना और शिवगादी के शिवालय में भी श्रद्दालु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वहीं पाकड़ जिले में महाकाल शिव मंदिर बुढानाथ शिव मंदिर शिव शीतला मंदिर धरनी पहाड कंचन गढ भौरी कचा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड रही महाशिवरात्रि को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी झारखंड और बिहार के मजदूरों को लेकर यूपी के आगरा जा रही एक सवारी गाड़ी के कंटेनर से सीधी टक्कर में नौ मजदूरों की मौत हो गयी है

हादसे का शिकार होने वाला मजदूर चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित गेरुआ बढ़ही बीघा गांव का रहने वाला था आगरा जिले के एत्मादपुर मंडी के समीप दिल्ली हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है दूसरी ओर झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद सुनील क्मार सिंह ने इस घटना पर अपना शोक जताया है आज अपने दौरे पर चतरा पहुंचे श्रम मंत्री ने कहा ँ है कि चतरा के मृतक मजदूर के शव को उसके घर तक लाने के लिए आगरा जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित किया गया है मृत मजदूरों के परिजनों को प्रवासी मजदूर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लाभ दिया जाएगा बतौर आर्थिक सहायता के रूप में श्रम मंत्री ने एक लाख रुपए देने की घोषणा की

कर्नाटक एवं हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को बीच एक एक गोल की बराबरी रही वहीं बंगाल तथा जम्मू एंड कश्मीर को वाक ओवर मिला

तेरह से सोलह मार्च तक सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे

आज रांची और जमशेदपुर सहित राज्य के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है

इधर बारिश के साथ साथ हल्का धूप भी खिली रही वहीं राजधानी रांची में शाम से ही काले घर्न बादल छाये हुए हैं